नीतिगत स्धारों का अर्थव्यवस्था पर चिरस्थायी प्रभाव पड़ेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को पटरी लाना सरकार की उच्च प्राथमिकता है

श्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार दवारा कोई आकस्मिक फैसला नहीं है बलिक यह योजनाबदव परस्पर सम्बधित और भविष्यवादी फैसला है कृषि क्षेत्र और सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र मे किये गये ऐतिहासिक स्धारों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इन नीतिगत सुधारों से अर्थव्यवस्था पर चिरस्थायी प्रभाव पड़ेगा और देश में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को अधिकारों और स्वतंत्रता को स्निश्चित किया है जिससे वे कई दशकों से वंचित थे

पंचकृला में फर्नीचर कारखाने के मालिक विशाल जैन ने सूक्षम और लघ् उद्योगों के लिए उठाये गये कदमों की प्रंशसा की है पंचक्ला मे लैबट्रोनिक्स के प्रबंध निदेशक राकेश सलवान ने कहा है कि सूक्षम उदयोग के लिए एक करोड़ का निवेश और पांच करोड़ का कारोबार होने से व्यापार बढ़ेगा और उद्योगों को नई उड़ान मिलेगी

चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मनोज परिदा ने इस सम्बधी आदेश जारी करते हये कहा है कि क्षेत्र की डॉक्टरी टीमों द्वारा नियमित निगरानी और जांच जारी रहेगी उन्होंने कहा कि बाप्धाम कालोनी की इन पोकेट को बफर ज़ोन की परिधि से निकालने का फैसला समिति द्वारा किये गये अध्ययन के बाद लिया गया है इस समिति मे नगर निगम आयुक्त जिला मैजिस्ट्रेट वरिष्ठ प्लिस अधीक्षक और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक शामिल है

हरियाणा कांग्रेस ने केन्द्र सरकार द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में दी गई वृद्वि नाकाफी बताया है

फरीदाबाद में आज दो कोरोना मरीज़ों की मृत्यु भी हुई है

रोहतक के ग्रूचरणप्रा में एक ही परिवार के छ सदस्य और पीजीआई के पांच कर्मचारी भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये है

यम्ना में वन्य प्राणी विभाग दवारा पकड़ा गया शिकारी भी कोरोना पोजिटिव पाया गया है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कोविड महमारी के दौरान हरियाणा ने अन्य प्रांतो के मुकाबले बेहतर काम किया है

केन्द्र की अटल भूजल योजना के तहत हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना श्रू की गई है

उन्होंने कहा कि स्कूलों में ऑन लाइन परीक्षायें करवाई जा रही है मुख्यमंत्री ने किसानों को मक्का की ज्यादा बिजाई करने का सुझाव दिया है हरियाणा में आज कई जगह निर्जला एकादशी प्री श्रद्वा और उत्साह के साथ मनाई गई यम्नानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि लोगों ने व्रत रखकर भगवान से विश्व को कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए प्रार्थना की फल दूध वस्त्र आदि का दान भी किया गया और शारीरिक द्री का ध्यान मे रखते हये जिले में विभिन्न स्थानोंपर मीठे जल की सेवा भी की गई